प्रधानमंत्री ने लैंडर विक्रम का धरती से संपर्क टूटने के कुछ घंटे बाद बैंगलुरु में इसरो केंद्र में वैज्ञानिको को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने कहा कि बाधाओ से उबरकर लगन के साथ काम करना भारत के आदर्शो में है उन्होने कहा कि देश के गौरवशाली इतिहास में निराश करने वाले क्षण आए है लेकिन लोगो ने कभी हिम्मत नही हारी उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश कठिन परिस्थितियों से उबरा है और अद्भुत कार्य किये है प्रधानमंत्री ने कहा कि आंनदित होने के अनेक अवसर आएंगे उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम की जब बात आती है तब हम कह सकते है कि सर्वश्रेष्ठ अभी होना है प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिको के अथक परिश्रम की तहे दिल से सराहना की

बैंगलूरु में इसरो के नियंत्रण केंद्र ने बताया है कि लैंडर विक्रम के उतरने की प्रक्रिया निर्धारित दो दशमलव एक किलोमीटर की दूरी रह जाने तक सामान्य थी इसके बाद उसका धरती से संपर्क टूट गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रक्रिया को देखने के लिए इसरो के नियंत्रण केंद्र में मौजूद थे सत्तर स्कूली बच्चों को भी इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को देखने के लिए आमंत्रित किया गया था

समापन समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री चउना मेन ने कहा कि यदि संसदीय लोकतंत्र में कोई एक संस्थान है जो लोगो के प्रति जवाबदेह है तो वह विधायिका है उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया था ताकि लोगो का प्रतिनिधि उनके लिए विश्वसनीयता का प्रतिक बन सके उप मुख्यमंत्री ने युवा विधायको से सोशल मीडिया का उपयोग करने की सलाह दी क्योंकि युवा लोग इसका बड़े पैमाने पर उपयोग कर रहे है उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों पर जागरुकता लाने सहित सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए करने को कहा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन लोकसभा सचिवालय के संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण ब्यूरो नई दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा किया गया था कार्यक्रम में विधानसभा के तरीको साधनों और प्रक्रिया सहित राष्ट्रीय ई विधान एप्लिकेशन पर प्रशिक्षण दिया गया

एक टविट संदेश में श्री खांडू ने ईस्ट कामेंग जिला उपायुक्त गौरव सिंह राजावट को अपने सक्षम प्रशासन के अंदर इसे संभव बनाने के लिए धन्यवाद दिया केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ज़बिन इरानी ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए जिला एवं राज्य को सम्मानित किया

राज्य के मंत्रियो विधायको और विधानसभा सचिवालय एवं लोक सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियो ने शिवीर में भाग लिया और रक्त दान किया

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावट ने कल नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छता महोत्सव के दौरान उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया

मेले में कई लोगो ने हिस्सा लिया और इससे लाभान्वित भी हुए मेले में चिकित्सको ने समय पर डी वार्मिंग टीकाकरण सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर जानकारी दिए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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान पाच दशमलव छह मिलीमिटर बारिस दर्ज की गई है इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार